किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखने का दिलाया भरोसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कृषि विधेयकों के पारित किए जाने का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा उन्होंने कहा कि भारत में कृषि क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और बुनियादी ढांचे के उन्नयन की आवश्यकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कानूनों से किसानों को बेहतर उपकरणों का इस्तेमाल कर अपना उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार में चौदह हजार दो सौ अटठावन करोड़ रुपये की लागत वाली नौ राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी श्री मोदी ने देश के किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार का उद्देश्य किसानों की सेवा करना और भावी पीढ़ियों के लिए एक मजबूत कृषि उद्योग का निर्माण करना है उन्होंने कहा कि यह कानून बनने से किसानों की पहंच नई टेक्नोलॉजी तक हो सकेगी और इससे उनका उत्पादन बढ़ेगा इंफ्रास्टेक्चर के विकास के सबसे ज्यादा लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्ग को होता है इससे हमारे किसानों को भी बहुत अधिक लाभ होता है किसानों को अच्छी सड़कें मिलने से नदियों पर पुल बनने से खेत और शहरों के मार्केट की दूरी कम हो जाती है कल देश की संसद ने देश के किसानों को नए अधिकार देने वाले बहुत ही ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया है प्रधानमंत्री श्री मोदी नें कृषि व्यवसाय में बिचौलियों को हटाने की आवश्यकता का भी जिक्र किया श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों तक भारत के किसान बिचौलियों के चग्ल में फंसे रहे हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था बनी रहेगी प्रधानमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकारी खरीद व्यवस्था भी बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं ये वही लोग हैं जो बरसों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की इन सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे हुए थे मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे नए कानूनों से इन व्यवस्थाओं पर किसी प्रकार की आंच नहीं आएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इन विधेयकों का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना और किसानों का जीवन बेहतर करने के लिए उन्हें सशक्त बनाना है कई जगह ये भी सवाल उगया जा रहा है कि अब कृषि मंडियों का क्या होगा क्या कृषि मंडियां बंद हो जाएगी क्या वहां पर खरीद बंद हो जाएगी जी नहीं ऐसा कतई नहीं होगा और मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून ये बदलाव क्रषि मंडियों के खिलाफ नहीं है क्रषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था वैसे ही अब भी होगा बल्कि ये हमारी ही एनडीए सरकार है जिसने देश की क्रवि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है केन्द्र सरकार ने छह रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक बयान में जानकारी दी कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं चना मसूर सरसों ज्वार और क्सुम फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्वि को मंजूरी दी है गेहूं के समर्थन मूल्य में पचास रुपये की वृद्धि कर इसकी कीमत एक हजार नौ सौ पचहत्तर रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है मसूर के समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल तीन सौ रुपये सरसों तथा चना के लिए दो सौ पच्चीस रुपये ज्वार के लिए पचहत्तर रुपये जबकि कुसुम के समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल एक सौ बारह रुपये की बढ़ोतरी की गई है श्री तोमर ने बताया कि सरकार ने पिछले छह वर्षों में सरकारी खरीद के लिए किसानों के लिए लगभग सात लाख करोड़ रुपये की राशि मंजूरी की है हमने छह साल के भीतर नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एमएसपी के भुगतान के रूप में सात लाख करोड़ रुपया किसानों को भुगतान किया है जो यूपीए सरकार से लगभग दोगुना है जो नरेन्द्र मोदी जी ने कहा वो एमएसपी घोषित करके उसको आज हमने प्रमाणित किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना को परास्त करने के लिये एक कदम आगे की रणनीति आवश्यक है

उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना पर नियंत्रण के लिये सभी व्यवस्थाएं कर रही है मुख्यमंत्री ने लखनऊ और कानपुर जनपदों में चिकित्सा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि अस्पतालो में आक्सीजन की आपूर्ति किसी भी दशा में बाधित न होने पाये मुख्यमंत्री ने लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के बारे में प्रचार प्रसार पर जोर देने की आवश्यकता बताई प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटों के दौरान छः हजार तीन सौ बीस कोरोना रोगी ठीक हुए है और राज्य में रिकवरी रेट बढ़कर अस्सी दशमलव छः नौ प्रतिशत हो गई है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ मे पत्रकारों को बताया कि अब तक दो लाख नवासी हजार पांच सौ चौरान्नबे कोरोना रोगी पूरी तरह से ठीक हो गये हैं उन्होंने बताया कि चार हजार सात सौ तीन नये कोरोना रोगी मिलने के बाद सक्रिय कोरोना रोगियों की संख्या इस समय प्रदेश में चौसठ हजार एक सौ चौसठ है उन्होंने बताया कि तैंतीस हजार चालिस रोगी होम आइसोलेशन में रह रहे हैं राज्य में कोरोना से अब तक पांच हजार एक सौ पैंतीस लोगों की मौत हुई है

पिछले छत्तीस घंटे के दौरान तिरान्नबे हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं लगातार स्वस्थ होने की दर बढ़ने से यह सुनिश्चित हो गया है कि देश में संक्रमितों की संख्या में कमी आई है

परिवर्तन शुल्क भी घटा दिया गया है श्री योगी ने कहा कि जिला पंचायतें अब कुल एकत्र टैक्स का साठ प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक क्षेत्रों के रख रखाव पर खर्च करेगी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर कल इन्वेस्ट यू पी की उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की पहली बैठक हई बैठक में कृषि से औद्योगिक श्रेणी में भू उपयोग परिवर्तन शुल्क को घटाकर सर्किल रेट के पैंतीस प्रतिशत के स्थान पर बीस प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया बड़े भूखण्डों पर टेलीस्कोपिक दरो को शामिल करते हुए यह शुल्क अब मात्र चौदह प्रतिशत रह जायेगा इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक आस्थानों व क्षेत्रों में इकाईयों को दोहरे टैक्स के बोझ से मुक्ति मिलेगी आगरा स्थित ताजमहल सहित राज्य भर में कई ऐतिहासिक स्मारक छह महीने के अंतराल के बाद कल आम जनता के लिए खोल दिये गये इनमें लखनऊ का बड़ा और छोटा इमामबाड़ा और सारनाथ का म्यूजियम भी शामिल है हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए पर्यटकों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जिनका पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है इन स्थलों को दोबारा खोलने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं कोरोना वायरस से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ताजमहल में एक दिन में सिर्फ पांच हजार लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा इसके अलावा ज्यादा लोगों की एक साथ खड़े होकर फोटो खींचने पर भी मनाही होगी टिकट खिड़कियां बंद रहेंगी और सिर्फ टिकटों की ऑनलाइन बिक्री की जाएगी मजार के पास एक बार में सिर्फ पांच लोगों को जाने की इजाजत होगी और पार्किंग सहित अन्य स्थानों पर भी सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही भूगतान किया जाएगा पर्यटकों को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही ताजमहल में प्रवेश मिलेगा